उन्होंने कहा कि इसमें सभी स्वास्थ्यकर्मियों का पूरा सहयोग जरूरी है श्री मोदी ने पोषण माह के तहत आज वीडियो कांफेसिंग के जरिये आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध पोषण से है और पोषण अभियान के माध्यम से देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से सुधार आयेगा उन्होंने कहा कि कमजोर नींव पर मजबूत निर्माण नहीं हो सकता है अगर बचपन कमजोर होगा तो देश को मजबूत नहीं किया जा सकता इसीलिये पोषण अभियान के जरिये बच्चों को पूरा पोषण देने के प्रयास किये जायेंगे गौरतलब है कि चालू महीने में आयोजित पोषण माह का उद्देश्य पोषण का महत्वपूर्ण संदेश देश के प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना है

सरकार ने पोषण अभियान में क्पोषण महिलाओं और किशोरियों में रक्त की कमी और जन्म के समय नवजात शिश् का वजन कम होने की समस्या दूर करने के लक्ष्य तय किए हैं

उन्होंने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की श्री शाह इस वक्त आदर्शनगर स्थित सूरज मैदान में शक्ति केन्द्र सम्मेलन को संबोधित कर रहे है इसके बाद वे बिडेला ऑडिटोरियम में शहरी जनप्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे श्री शाह का बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजन से संवाद का कार्यक्रम है

पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए हैं

विभाग ने एक बयान में कहा है कि देश के मौजूदा नियमों के अनुसार आधार बुकिंग के समय प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज नहीं है

डॉ यादव कल जयपुर में विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने प्लेसमेंट प्रक्रिया को मजबूत बनाने और शिकायतों के उचित निवारण के लिये अलग से पोर्टल तैयार करने की बात कही

शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि जिलेवार लगाए गए प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों में नियमित दौरे कर वहां शैक्षिक गतिविधियों का कड़ा निरीक्षण करें

गादीपति राव भोमसिंह तंवर जिला कलेक्टर और पोकरण विधायक ने अभिषेक कर बाबा को स्वर्ण मुकुट पहनाया मंगला आरती के साथ बाबा की समाधि पर भोग लगाया गया और पूजा अर्चना कर देश में अमन चैन की कामना की गई

परीक्षा का परिणाम राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है

स्काउट और गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर जेसी महान्ति ने प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन समापन समारोह में विजेता टीमों को पुरस्कृत किया और ये बात कही श्री महान्ति ने बताया कि राज्य में पहली बार स्काउट गाइड खिलाडियों के लिए इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने खेल को और भी निखार सकें